मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार ने आधार को पहचान का दस्तावेज बनाने का निर्णय लिया है ताकि लोग सब्सिडी का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकें

बैठक नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के उद्देश्य से हिमाचल पंजाब चंडीपढ़ खेल्क्राखंड के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आज चंडीगढ़ होगी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर सहित अन्य राज्यों के सुख्यमंत्री नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मंथन करेंगे बैठक में अभी तक नशाखोरी को रोकने कि रिए किए गए प्रयासों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रवण मांटा ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा को लेकर मण्डी में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस दौरान कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा उधर ऊना में भी कारगिल विजय दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर करेंगे

मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि बैठक में विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाने के अलावा भाजपा सदस्यता अभियान पर्व को गति देने पर भी मंथन किया जाएगा मौसम प्रदेश में मानसून सकिय होने से कई स्थानों पर वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने मध्यवर्ती व निचले मैदानी इलाकों में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है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 अमर उजाली है ट्रिब्यूनल बंद करने के विरोध में आज प्रदेशभर में काम नहीं करेंगे वकील इसी खबर पर प्रन्नाथ मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है नहीं बहाल होगा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल फैसला जनभावनाओं के अन्य हिमाचल के अटार्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश शीर्षक्र कित्रिय हिमाचल लिखता है बीबीएमबी में हिस्सेदारी पर सौंपे रिपोर्ट

दैनिक जागरण राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्षा से लिखता है राणा बताएं मैंने कब कहा मुझे मंत्री बनाओ

प्रदेश वित्त निगम होगा बंद रसआई जाएंगे कर्मचारी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मुख्य सचिव ने एचपीएसआईडीसी में विलय के लिए सांगी रिपोर्ट

दिव्य हिमाचल की एक खबर है दूसरे राज्यों के ट्रकों का गुड्स टैक्स माफ सेब आलू की ढुलाई को लेकर हिमाचल सरकार ने दी छूट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

नमस्कार